कल भोपाल में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई

जबकि पन्ना में आज एक संक्रमित मरीज के स्वस्थ होने पर उसकी अस्पताल से छुट्टी कर दी गई उच्चतम न्यायालय लॉकडाउन के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चली ऑनलाइन सुनवाई में हाईकोर्ट की तीनों खंडपीठों समेत प्रदेश भर के जिला न्यायलयों में हजारों प्रकरण निराकृत किए गए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आर के वाणी ने बताया कि संक्रमण काल के दौरान बड़ी संख्या में नए मामले भी दायर किए गए हैं

लॉकडाउन खुलने और केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही रियायतों के मद्देनजर आयोग ने परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं की संशोधित सूची जारी करने का फैसला किया है यूपीएससी परीक्षाओं के संशोधित कैलेंडर का विवरण आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है ऑनलाइन ट्रेनिंग संतरा फसल उत्पादन में देश में छोटा नागपुर के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले आगरमालवा जिले में संतरा उत्पादक किसानों को पहली बार मोबाईल के माध्यम से आनलाईन ट्रेनिंग दी गई

नगरीय विकास एवं आवास के प्रमुख सचिव नीतेश व्यास ने सभी नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिये हैं मौसम चक्रवाती तूफान निसर्ग के कारण प्रदेश में हुई बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान में गिरावट आई है